हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव और प्लिस महानिदेशक ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों को चुनाव की तैयारी के लिये दिशा निर्देश दिये केन्द्रीय मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने कहा है कि संय्क्त संघ दवारा मसूद अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल किया जाना भारत के लिये बड़ी क्टनीतिक जीत है नई दिल्ली मे एक प्रेस कांफ्रेस को सम्बोधित करते हये श्री जेटली ने आज कहा कि म्ख्य म्ददा ये है कि मसूद अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी घोषित किया गया है उन्होंने कहा कि भारत ने उसके आंतकवाद के सम्बध में पूरे विश्व को सारे दस्तावेत सौर्पे तथा अन्य सामग्रियां वितरित की भारत लंबे समय से मसूद अज़हर को निशाने पर रहा है और यहां हये अनेक आंतवादी हमलों में उसका हाथ था रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण ने इस अवसरपर कहा कि यूएन द्वारा मसूद अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादियों की सुची में शामिल किया जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों के परिणाम है जिसके चलते पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ा और इस सम्बंध में विदेश मंत्रालय ने भी लगातार प्रयास किये श्री सीतामरण ने कहा कि सरकार ने आंतकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं किये जाने की नीति अपनाई हई है

छात्र अपने परिणाम सुविधाजनक तरीके से देश सके इसके लिये माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने सीबीएससी के भागीदारी की है ताकि विद्यार्थी परीक्षा सम्बधी अन्य जानकारियां भी आसानी से ले सके

मोबाइल व सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में पूछे सवाल पर दिशांक ने कहा कि वो पिछले दो वर्षो से इससे द्र है

तीखा शशौर लोगों की सुनने की क्षमता और सीखने व्यवहार को भी प्रभावित करता है

इस कार्यशाला में सैकड़ो स्कूली बच्चों ने भाग लिया और जान कि घ्वनि प्रद्षण क्या क्या न्कसान होते है और यहां तक स्नने की क्षमता भी कम होती चली जाती है

अधिकारियों को सम्बोधित करते ह्ये डा प्रसाद ने कहा कि च्नाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ग से सम्पन्न करने के लिये सभी उपाय किये जाने और अतिरिक्त चौकसी बरती जाये उन्होंने कहा कि रोहतक चारखी दादरी और हांसी को छोड़कर हरियाणा के सभी जिलों की सीमा पड़ोसी राज्यों से लगती है इसलिये अधिकारी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अपराधियों और ग्ंडा तत्वों की घ्स पैठ को रोकने के लिये पूर्ण नाकाबंदी को विश्वसनीय बनाये

प्लिस महानिदेशक श्रीमनोज यादव ने अपने सम्बोधन मे कहा कि च्नाव सम्बोधन मे कहा कि च्नाव प्रक्रिया के दौरान लोगों को स्रक्षित वातावरण म्हैया करवाना प्लिस की जिम्मेदारी है इसलिये सभी जिला प्लिस प्रम्ख व डिवीजन कमिश्नर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पूरी तैयारी रखें प्लिस महानिदेशक ने राज्य में आने वाले अति विशिष्ठ और अति अति विशिष्ठ लोगों की स्रक्षा प्रबंधो पर ध्यान देने पर भी ज़ोर दिया और इस सम्बध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि अब जब लोकसभा चुनाव में दस दिन बाकी रह गये है तो सारे प्लिस प्रम्खों को प्लिस बल के उचित प्रयोग के लिये रूपरेखा तैयार करने को कह दिया गया है

उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से स्रक्षित है प्रत्येक ईवीएम मशीन का एक यूनीक आईडी होता है जिसमें मशीन की पूरी जानकारी होती है

उधर अम्बाला से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अम्बाला में जिले आज तेज़ बारिश ह्ई जिससे कई जगह फसल भीग गई है

ये बरामदी विशेष चौकसी दल दवारा एक कार से की गई